श्री मोदी ने कहा कि लोगों के समर्थन और प्रोत्साहन से सरकार कड़े कदम उठाने और लागू करने में सफल रही नई दिल्ली में कल शाम एक निजी टीवी चैनल के राइजिंग इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि राइजिंग इंडिया का अर्थ है सवा सौ करोड़ भारतीयों के गौरव और स्वाभिमान का उदय श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और सबके लिए सुलम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की है

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि लंबित जीएसटी रिफंड के असत्यापित अनुमान मीडिया में आए हैं या विभिन्न व्यापार संगठनों ने दिए हैं मंत्रालय ने कहा कि रिफंड की मंजूरी में देरी से निपटने के लिए सरकार ने नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव सहित कई उपाय किए हैं गौरतलब है कि वस्तु और सेवाकर परिषद ने अपनी पिछली बैठक में समी राज्यों के कर अधिकारियों को रिफंड के दावे जल्दी निपटाने का निर्देश दिया था

श्री सिंह ने एक टीवी चैनल के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार समाज के गरीब और अंतिम छोर के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही है

ये समी कल शाम से लापता थे पिता और पुत्र के शव कुएं से निकाले गए जबकि पत्नी का शव कमरे में मिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है

इस अभियान में नर्सिंग विद्यार्थियों और स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल कर टीमें बनाई जाऐंगी जो घर घर जाकर लोगों को मच्छरों को भगाने और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्ध में जागरुक करेंगी

श्री मोदी ने दवीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम में देश भर के लोगों से भिलने वाले गहन विचार और सुझाव सबसे अद्भुत है

कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला की ओर से आयोजित इस समारोह में केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल मुख्य अतिथी के रूप में शामिल हो रहे हैं

जयपुर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने इस सम्बन्ध में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं शहर में गणगौर माता की सवारी जनानी ड्योढी सिटी पैलेस से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार छोटी चौपड़ गणगौरी बाजार होती हुई पालका बाग पहुंचेगी

यह रेलगाडी रोजाना आगरा से गंगापुर सिटी के बीच संचालित होगी

उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से अपनी कार्यशैली सुधारने को कहा